कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

टीका उत्सव के दौरान तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा

मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ाई के लिये प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रयास किये जा रहे है जिनमें ट्रैकिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण है उन्होंने बताया कि देश में निर्मित वैक्सीन की भूमिका कोरोना की लड़ाई म निर्णायक साबित हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कल से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में भाग लेने और कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की लोगों से अपील की है बाइट कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है

सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण करवाएं टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ दो गज की दूरी मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्तीं से करें प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच केन्द्रीय रक्षामंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न अस्पतालों में बेडो की संख्या बढ़ाई है और कुछ अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है जहां वेंटीलेटर ऑक्सीजन तथा दवाओं के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों के कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोकथाम के लिए कोविड मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उनकी तुरंत जांच की जाए उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच एंटीजन और आरटीपीसीआर विधि से निःशुल्क की जाती है और लोग इसका लाभ उठाएं उन्होंने कहा कि कोविड की जांच के लिए अगर कोई निजी अस्पताल निर्धारित राशि से अधिक धनराशि वसूलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर ही करने के निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि खूले स्थान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम दो सौ और बंद स्थान पर होने वाले आयोजनों में केवल एक सौ लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए उन्होंने कहा कि शादी विवाह के कार्यक्रमों को रात दस बजे तक ही सीमित किया जाए

इसके तहत रात नौ बजे से सुबह छः बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा हालांकि आवश्यक सेवाओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई पास की आवश्यकता नहीं होगी हवाई अड्डे रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी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

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज और वाराणसी में सभी सरकारी कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा विभिन्न निदेशालयों में कार्यरत केवल पचास प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाया जायेगा शेष पचास फीसदी कर्मचारियों को घर से हो कार्य करने का निर्देश जारी किया गया है घर से कार्य कर रहे कर्मचारी काय अवधि के दौरान अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में बुलाया जा सकता है

इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज कर यह व्यवस्था तत्काल लागू कराने के निर्देश दिये गये हैं मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी खांसी बूखार एवं सांस लेने में परेशानी से पीड़ित है तो वह ड़यूटी पर न आये उन्होंने प्रदेश सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में फिर से कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा कि क्षय रोग नियंत्रण अभियान को जन आन्दोलन की तरह चलाया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता जन जागरूक एवं सामाजिक सहभागिता से ही संभव है श्रीमती पटेल आज राजभवन के गांधी सभागार में उत्तर प्रदेश क्षय रोग निवारक संस्था की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रही थी उन्होंने संस्था से प्रत्येक जिले में जागरूकता कार्यक्रम चला कर अधिक से अधिक क्षय रोग से ग्रसित बच्चों को गोद लेने की अपील की राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विभिन्न जनपदों में प्रशासनिक स्तर के अधिकारी क्षय रोग ग्रसित बच्चों को गोद ले रहे है इस कार्य में विश्वविद्यालय समाजसेवी संस्थाओं और समाजसेवियों का सहयोग मिल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद श्यामाचरण गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है भाजपा से सांसद रहे श्यामाचरण गुप्ता को कोरोना संक्रमण के बाद नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां कल देर रात उनकी मृत्यु हो गई प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड टेस्टिंग को क्षमता बढ़ाई गई है अब तक साढ़े तीन करोड़ से अधिक सैम्पलों की जांच की गई है इस बीच राज्य के कुछ और जिलों के जिलाधिकारियों न कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है इनमें जौनपुर मुरादाबाद और बाराबंकी शहर शामिल है जहां आज रात से कर्फ्यू लगाया जायेगा प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज झांसी में कोविड के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की बैठक में उन्होंने कोरोना संक्रमण क प्रसार को रोकने के लिये कांटैक्ट टसिंग पर जोर देते हुए अधिक से अधिक आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के अधिकारियों को निर्देश दिये

आज हमारे पास सभी जरूरी सुविधाएं और वैक्सीन उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल करके इस बोमारी को फैलने से रोक सकते है उन्होंने कहा कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से सभी लोगों को टीका लगाया जायेगा